सूचना अधिकार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आयेगा

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश कार्यालय लोक अधिकारी के नाते सुचना अधिकार के दायरे में आना चाहिये जावडेकर कार्यभार केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है शिवसेना के नेता अरविन्द सावंत द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद जावड़ेकर को इस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है भाजपा राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से पार्टी नेता प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल करने के लिये हस्तक्षेप का अनुरोध किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतत्व में राज्यपाल से मिले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा शामिल थे राज्यपाल से मुलाकात के बाद इन नेताओं ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामले में सुनाई गई सजा पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रहलाद लोधी को स्थगन आदेश दिये जाने के बाद भी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने के लिये आदेश जारी नहीं किया गया है इसलिये पार्टी ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है जागरूकता आगरमालवा जिले में बाल विवाह रोकने और इसके लिये लोगों में जागरूकता के लिये बाबल मोरा कच्ची कलियां न तोड अभियान शुरू किया गया है

एक चाचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीमांकन की प्रकिया पर रोक लगा दी है

इस मामले में न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि सीमांकन प्रकिया में कोई गलती नहीं हुई है वहीं याचिकाकर्ताओं ने सीमांकन प्रक्रिया को गलत ठहराया है

कृषि मंत्री सचिन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस अभियान के दौरान अमानक खाद बीज विकताओं पर कठोर कार्यवाही की जाये उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में पर्याप्त जांच दल गठित करने के निर्देश भी दिये हैं यह दल बाजार में खाद बीज के नमूने लेंगे

इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बाल दिवस पर महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने सभी आंगनवाडी केन्द्रों में बालरंग मेले आयोजित करने के निर्देश दिये हैं बालरंग मेले के दौरान बच्चों के लिए रूचिकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा और बच्चों को पुरस्कार दिये जायेंगे

इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग छह सौ खिलाड़ी भाग लेंगे

इन समितियों को समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं

इस मैच के लिये आज दोनों टीमों ने अभ्यास किया मैच को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पन्द्रह सौ से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है

उन्हें इलाज के लिये पोरसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है